विवेयक का समर्थन करते हए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा की नरेन्द्र मोदी सरकार बाबा साहेब आंबेडकर के सपनों को मूर्त रूप देने का कार्य कर रही हैं श्री योगी ने कहा कि समाज के पिछड़े और शोषित वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें अधिकार दिलाने के लिए संक्धान में आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी विधेयक को पारित करने के लिए विधानमण्डल का आज एक दिन का विशेष सत्र ब्लाया गया था संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधान सभा में और उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने विधान परिषद में विवेयक को पेश किया जहां इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया प्रस्ताव पारित करने के बाद सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गई इस बीच विपक्षी दलों के सदस्य दोनों सदनों में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हंगामा करते रहे पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफॅस स्टॉफ सीडीएस होंगे सीडीएस सैन्य मामलों में सरकार के एकल बिंद् सलाहकार के रूप में काम करेंगे और थलसेना वायसेना तथा नौसेना के बीच बेहतर समन्वय करने पर ध्यान देंगे जनरल रावत आज थलसेना अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत हो गए हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में थलसेना वायसेना और नौसेना सबंधी नियमों में संशोधन करते हुए एक नया खण्ड जोड़ा जिसके अंतर्गत चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ पैसठ वर्ष की आयु तक सेवारत रहेंगे उधर जनरल मनोज मुकूंद नरवणे आज अट्ठाईसवें सेनाध्यक्ष बन गए उन्होंने जनरल बिपिन रावत की जगह ली है सेना प्रमुख का पदभार संभालने से पहले जनरल नरवणे सेना उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे आयकर स्थायी लेखा संख्या पैन को अनिवार्य रूप से आधार से जोड़े जाने की अंतिम तारीख अगले वर्ष इकत्तीस मार्च तक बढ़ा दी गई है इससे पहले यह सीमा आज समाप्त हो रही थी पिछले वर्ष सितम्बर में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम आधार को संवैधानिक दृष्टि से वैद बताया था और व्यवस्था दी थी कि आयकर विवरणी दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमैट्रिक पहचान अनिवार्य होगी आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचारों की नई श्रृंखला जानना जरूरी है में हम आज रूबरू हैं नागरिकता संशोधन कानून के बारे में फैले एक और भ्रम तथा उसकी वास्तविकता से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि इससे भारतीय मुस्लिमों की नागरिकता खतरे में पड़ सकती है जबकि वास्तविकता यह है कि भारतीय मुस्लिम सहित देश के किसी भी धर्म के नागरिक पर यह कानून किसी भी तरह से लागू नहीं होगा हमारे देश में सभी भारतीय नागरिकों को मूलाधिकार मिला हुआ है जिसकी गारन्दी भारतीय संकिधान ने दी है इस कानून का मतलब किसी भी भारतीय को नागरिकता से वंचित करना नहीं है एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत कुशीनगर जनपद में केले के रेशे से बने उत्पाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्यमियों को प्रशिक्षण के लिए जिला प्रशासन सरकारी खर्च पर दक्षिण भारत के केरल व कर्नाटक भेजेगा जिलाधिकारी डॉ अनिल क्मार सिंह ने बताया कि जिले में एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत केले के रेश से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनायी जा रही हैं उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पर आने वाली लागत का नबे प्रतिशत खर्च सरकार वहन करेगी जबकि मात्र दस प्रतिशत उद्यमी को खुद वहन करना होगा उन्होंने बताया कि केले से बने उत्पादों के लिए कुशीनगर में व्यापक सम्भावनाएं हैं सर्द हवाओं और गलन भरी ठंड से प्रदेश में आम जनजीवन अस्त व्यस्त है आज सुबह पूर्वांचल के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा हालांकि दिन में सूरज निकलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली राजधानी लखनऊ वाराणसी और आगरा समेत प्रदेश के कई जनपदों में मौसम विमाग ने आज भी लगातार पांचवे दिन कोल्ड डे घोषित किया है ठंड के कारण पशु पक्षी भी परेशान हैं पेड़ पौधों के मुरझाने से फूल मंडियों में फूलों की आवक भी कम हो गयी है वहीं सब्जियों की आवक घटने से कीमर्तो में उछाल आया है घने कोहरे के कारण हवाई रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है लखनऊ से गुजरने वाली कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से घंटों की देरी से चल रही हैं प्रदेश में कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में आज तड़के घने कोहरे के कारण हुये सड़क हादसे में कार सवार एक ही परिवार के चार लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये सभी मृतक कानपुर के कुलीबाजार के रहने वाले बताए जाते हैं दुर्घटना घाटमपुर हमीरपुर राजमार्ग पर तडके कार के एक अज्ञात वाहन से टकरा जाने के कारण हई कार सवार मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक जनाजे में शामिल होकर लौट रहे थे दोनों घायलों को गंभीर हालत में कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है